देश में साढे चार करोड़ से ज्यादा लोगों को कोविड़ टीके लगाये गये राजसमंद सहाड़ा और सुजानगढ़ विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए अधिसूचना कल जारी होगी प्रदेश में आज भी कई स्थानों पर आंधी और बारिश जैसलमेर में कल आंधड़ से फसलों को हये नुकसान के बारे में कृषि मंत्री ने रिपोर्ट मांगी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

मास्क पहनें दो गज़ की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें और अगर वैक्सीनेशन के पात्र है तो टीका जरूर लगवाएं

प्रधानमंत्री ने कहा कि अभियान को सफल बनाने के लिए सभी का सहयोग बहत आवश्यक है उन्होंने कहा कि देश को जल संकट से बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है श्री मोदी ने आने वाले सौ दिनों में पानी बचाने के लिए विशेष प्रयास करने का भी आग्रह किया

इस अवसर पर जलशक्ति मंत्री श्री शेखावत ने कहा कि नदियों को जोड़ने की राष्ट्रीय योजना के तहत यह पहली परियोजना होगी

इन लोगों में प्रदेश के भीलवाड़ा जिले की शक्करगढ ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच किशोर कुमार शर्मा भी शामिल थे प्रधानमंत्री के संवाद के बाद किशोर कुमार शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण के लिए उनके प्रयासों की सराहना की है और आगे भी इसी तरह जिम्मेदारी से काम करने को कहा है

इसका नारा है जहां भी गिरे जब भी गिरे वर्षा जल एकत्र करें

लोगों के सहयोग से गांव गांव में यह जन आंदोलन चलाया जायेगा ताकि बारिश के पानी का उपयुक्त भंडारण सुनिश्चित हो और भूजल स्तर बेहतर बने गौरतलब है कि इस बार विश्व जल दिवस का विषय है कि जल के महत्व को समझना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विश्व जल दिवस पर ट्वीट संदेश में कहा कि जल संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास जल के संरक्षण पूनः उपयोग और पूनः चकण के लिए होना चाहिए जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी मंत्री डॉ बी डी कल्ला ने कहा कि जल संरक्षण हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है पानी की एक भी बूंद व्यर्थ नहीं जाए इसके लिए सभी को जागरुक रहने और दूसरों को प्रेरित करने की जरूरत है

झुंझुनू में आज जिला कलेक्टर ने स्काउट गाइड कर्मचारियों और आमजन को जल संरक्षण की शपथ दिलाई

सवाईमाघोपुर में नेहरू युवा केद्र की ओर से कैच द रेन वाटर कार्यक्रम के अंतर्गत जटवाड़ा कला टापुर श्यामपुरा और कावड़ गांवों में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए साथ ही ग्रामीणों को पानी बचाने की शपथ दिलवाई गई टोंक में जलदाय विभाग ने आमजन को जागरूक करने के लिये पानी बचाने के संदेश वाले पोस्टर जगह जगह लगवाये राजसमंद में विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से छात्रों को जागरूक किया गया

इसके अलावा राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों में बाजार रात दस बजे बंद करने होंगे रात के कफ्यू की बाध्यता उन फैक्ट्रियों पर लागू नहीं होगी जिनमें रात की शिफ्ट में भी उत्पादन होता है साथ ही आपातकालीन सेवाओं से संबंधित कार्योलयों विवाह समारोहों अस्पतालों बस स्टैण्ड रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट से आने जाने वाले यात्रियों माल लाने ले जाने वाले वाहनों तथा लोडिंग और अनलोडिंग करने वाले व्यक्तियों को कर्फ्यू से छूट मिलेगी इसके अलावा भिनी कंटेंनमेंट जोन की व्यवस्था फिर से लागू होगी जहां भी पांच से अधिक पॉजिटेव केस सामने आएंगे वहां उस क्लस्टर या अपार्टमेंट को कटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा

उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई है

डॉ शर्मा ने कहा कि आगामी दिनों में होली गणगौर और नवरात्र को देखते हुए सभी लोग जीवन को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पूरी सावधानी बरतें और भीड़ से दूर रहें इस बीच प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है

वहीं हमारे सवाईमाघोपुर संवाददाता ने बताया कि जिले में कोराना संकमण रोकने के लिए विशेष इंतजाम किये गये है

इस बीच उपच्नाव के लिये भाजपा और कांग्रेस ने प्रत्याशियों के चयन के लिए कवायद तेज कर दी है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 आज शाम कांग्रेस के राज्य प्रभारी अजय माकन ने भी प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में वरिष्ठ नेताओं तथा विधानसभा चुनाव प्रभारियों के साथ मंथन कर संभावित उम्मीदवारों की सुची तैयार की

इस बीच प्रदेश में आज भी कई स्थानों पर तेज हवाओं और आंधी के साथ हल्की से मध्यम बारिश हुई है झुंझन् में कई जगह बूंदा बांदी हुई

थानागाजी में मूसलाधार पानी बरसा जबकि नारायणपुर में ओले गिरे बूंदी और टोंक में तेज आंधी आई सवाईमाधोपुर जिले में कुछ इलाकों में हल्की बारिश हुई इस दौरान जिले के वजीरपुर उपखण्ड के डोब गांव में बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई